मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र घटना के पीड़ित परिवारों से आज मिलने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को एक माह के अंदर आवास मुहैया कराये जायेंगे और साठ साल से ऊपर के वृद्ध विधवा और दिव्यागजन को सरकार की ओर से पेंशन दी जायेगी उन्होंने उम्भा गांव में पुलिस चौकी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी की व्यवस्था तत्काल करने के भी आदेश दिये इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुख्य सचिव डॉअनूप चन्द्र पाण्डेय और डीजीपी ओपीसिंह भी मौजूद थे

इस मामले में अब तक एक प्रमुख संदिग्ध सहित उन्तीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूची में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है प्रदेश में दो करोड़ बीस लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर के गोविन्दनगर और किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर आज भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन ही हमारी ताकत है और संगठन के सहयोग से ही केन्द्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टा के साथ हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में भाजपा के सदस्यों की संख्या और बढ़ेगी

श्री मौर्य ने आज कानपुर में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये

इसके बाद यह पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा

इस खराबी को दूर करने के बाद अब इसे कल प्रक्षेपित किया जाएगा

ये यान चंद्रमा पर पूर्व निर्धारित तारीख पर ही पहुंचेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुत कम समय में खराबी को दूर करके मिशन की विश्वसनीयता बरकरार रखी है मिशन की सफलता के बाद भारत चन्द्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश हो जाएगा

यह श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी कायक्रम की पिछली कड़ी में श्री मोदी ने किताबों के महत्व पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि लोगों को रोज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में केरल के अक्षर प्रस्तकालय का उल्लेख भी किया था जो इड़ुक्की के घने जंगलों के बीच बसे गांव में है और जनजातीय बच्चों का पथ प्रदर्शन कर रहा है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

वे राज्यपाल राम नाइक के स्थान पर उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल नियुक्त की गई हैं श्रीमती आनंदी बेन पटेल वर्तमान में मध्यप्रदेश की राज्यपाल हैं इससे पूर्व वह गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का उन्होंने सफलता पूर्वक निर्वहन किया है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया

उनके निधन पर प्रमुख नेताओं ने गहरी संवेदना प्रकट की है श्रीमती शीला दीक्षित का पाथिव शरीर अंतिम दर्शन के लिये कांग्रेस मुख्यालय पर रखा गया था जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अनेक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी शीला दीक्षित के सम्मान में दिल्ली सरकार ने दो दिन की राजकीय शोक की घाषणा की है लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं श्रीमती दीक्षित को राष्ट्रीय राजधानी को आधुनिक रूप देने का श्रेय जाता हैं मिलन सार स्वभाव की कांग्रेस नेत्री ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिये बड़े स्तर पर काम किया

लखनऊ में आयोजित बासठवीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाएं हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती हैं एक दूसरे के ज्ञान का अनुभव सभी को मिलता है उन्होंने समय के साथ पुलिस बलों को अपनी कार्यप्रणाली में नई नई तकनीक और अन्वेषण के आधार पर सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा इससे कार्यशैली और बेहतर होगी समारोह में डीजीपी ओपीसिंह सहित पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी माजूद थे

इस मीट में कई राज्यों की उन्तीस पुलिस टीमों के बीच प्रतियोगितायें आयोजित की गई ऑल इंडिया पुलिस मीट की शुरूआत बीस वर्ष पूर्व दिल्ली में इसके आयोजन के साथ हुई थी

समाज कल्याण विभाग स प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति के गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिये अनुदान योजना के अन्तर्गत बीस हजार रूपये पात्र लाभार्थी के खाते में सीधे भेजा जाता है योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में छप्पन हजार चार सौ साठ रूपये तथा गामीण क्षेत्र में छियालीस हजार अस्सी रूपये होती है